प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड के कारण अब तक उन्नीस लोगों की मौत हो चुकी है सबसे अधिक सात लोगों की मौत दरभंगा और मधुबनी में हुई गया और अररिया में तीन तीन जबकि मोतिहारी गोपालगंज और मूजफ्फरपुर में दो दो लोगों की मौत हो गयी पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है रोहतास जिले का डिहरी आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां पांच डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया कोहरे के कारण रेल और विमान परिचलन बुरी तरह प्रभावित हुआ है पटना से गुजरने वाली अधिकांश ट्रेने दो से लेकर दस घंटे विलंब से चल रही है इसके चलते यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले एक सप्ताह तक लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है पटना में जिलाधिकारी कुमार रवि ने भीषण ठंड को देखते हुए कल से दो जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है दूसरी ओर समस्तीपुर जिला प्रशासन ने ठंड के मद्देनजर जिले में एक जनवरी तक पहली से पांचवीं कक्षा तक पठन पाठन स्थगित करने के निर्देश दिये हैं वहीं छठी से बारहवीं तक की कक्षाओं का संचालन सुबह दस बजे से दिन के तीन बजे तक होगा इधर खगड़िया में भी कक्षा पांच तक पठन पाठन उनतीस दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर और आधार को जोड़ने से व्यवस्था में पारदर्शिता आयेगी और इससे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान में भी आसानी होगी श्री जावड़ेकर आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि एनपीआर गरीब लोगों को मदद करने की दिशा में एक बड़ा कदम है

एक टवीट संदेश में श्री पुरी ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून का मतलब यह नहीं है कि द्सरे देशों में सताए गए मुसलमान भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि मोदी सरकार ने दूसरे देशों के करीब छह सौ मुसलमानों को नागरिकता प्रदान की है भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने औरंगाबाद में नागरिकता संशोधन कानून पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसे देशहित में बताया उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही है इधर बेगूसराय में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर जिला भाजपा द्वारा एक परिचर्चा का आयोजन किया गया इसे संबोधित करते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को इस कानून से भयभीत होने की जरूरत नहीं है श्री कुमार ने कहा कि इस कानून को लेकर विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है सासाराम में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि विरोधी पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिए नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है देश में विशिष्ट पहचान संख्या आधार के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्या सवा अरब को पार कर गई है आज देश के एक सौ पच्चीस करोड़ निवासियों के पास अपनी विशिष्ट पहचान का प्रमाण आधार संख्या के रूप में उपलब्ध है इतना ही नहीं पहचान के प्रमाण के रूप में आधार का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है इसकी शुरूआत से अब तक सैंतीस हजार करोड़ बार पहचान के सबूत के रूप में आधार सेवा का उपयोग किया जा चुका है इस समय भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण को प्रमाणित करने के लिए रोजाना तीन करोड़ अनुरोध प्राप्त होते हैं लोग आधार विवरण को अद्यतन रखने के लिए भी तैयार रहते हैं और प्राधिकरण को रोजाना इसके लिए तीन से चार लाख अपडेट प्राप्त होते हैं

श्री सिंह ने आज औरंगाबाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से तीस लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है इसके तहत सैंतीस जिलों में धान की खरीद शुरू कर दी गयी है श्री सिंह ने कहा कि शिवहर जिले में भी शीघ्र ही धान की खरीद शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार उनतीस दिसम्बर को दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध रहेगा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो तथा डी डी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों से प्रसारित किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है गुरुनानक देव जी महाराज के पांच सौ पचासवें और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तीन सौ तिरेपनवें प्रकाशोत्सव पर पटना साहिब और राजगीर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है गुरुनानक देव जी महाराज के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राजगीर स्थित शीतलकुंड गुरुद्वारे में आज से तीन दिवसीय भव्य आयोजन शुरू हुआ हमारे संवाददाता निरंजन कुमार ने खबर दी है कि राजगीर गुरूद्वारे में आज से चौबीस घंटे का अखंड पाठ शुरू हुआ पहले दिन ब्रिटेन से आये तीन सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने गुरूद्वारे में मत्था टेका इस मौके पर विशाल लंगर का भी आयोजन किया जा रहा है कल नगर कीर्तन के साथ नवोदय विद्यालय परिसर से झांकी निकाली जायेगी इस दौरान हेल्किॉप्टर से फूलों की बारिश कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया जायेगा

मुख्यमंत्री बक्सर जिले के इटाढ़ी प्रखंड के उनवास गांव में लोगों को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने छह सौ इकसठ करोड़ रूपये की विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने इसके बाद भोजपुर जिले में भी विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का जायजा लिया

उन्होंने कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगाया उन्नीस और बीस जनवरी को दो पाली में सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली की आदमकद प्रतिमा का पटना के कंकड़बाग में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनावरण करेंगे इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और अरुण जेटली के परिजन मौजूद रहेंगे

वहीं अररिया जिले के बसंतपुर पंचायत अंतर्गत मनिकपुर गांव में भीषण अगलगी की घटना में छह से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है बेगूसराय जिले के तेघरा नगर पंचायत में अस्मा खातून मुख्य पार्षद् के पद पर निर्विरोध चुनी गयी हैं वहीं सुरेश रौशन उप मुख्य पार्षद् के पद पर निर्वाचित हुए हैं मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत सतावन सौ से अधिक स्वंय सहायता समूहों के लिए आज एक सौ दो करोड़ रूपये से अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया

कड़ाके की ठंड के कारण प्रदेश में उन्नीस लोगों की हुई मौत